किसान सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सागर के सिरोंजा में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का लोकार्पण किया

यह द्ग्ध संयंत्र राज्य का प्रथम ऑटोमेटिक संयंत्र होगा जिसमें एक लाख लीटर क्षमता का नवीन द्ग्ध ऑटोमेटिक संयंत्र के साथ जलशोधन संयंत्र भी कार्य करेगा

इस नवीन स्वचालित संयंत्र की स्थापना से उपभोक्ताओं को हाइजेनिक उच्च ग्णवत्ता के सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उचित दर पर उपलब्ध रहेंगे

श्री चौहान ने योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी की

ये राज्य हैं केरल हरियाणा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तराखंड गुजरात उत्तर प्रदेश पंजाब और जम्मू कश्मीर

ये राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली राजस्थान जम्मु कश्मीर पंजाब और बिहार जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पालतू मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कौओं में उधमपुर में मोर के नमूनों में तथा जम्मू कश्मीर के प्रछ में कौओं के नमूनों में इस बीमारी की प्रष्टि हुई है हरियाणा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब और उत्तर प्रदेश में इससे अत्यन्त प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के अभियान चलाए जा रहे हैं

बजट से आम जनों की किस तरह की अपेक्षायें हैं इस बारे में हमारे संवाददाता ने कृष्ठ लोगों की राय जानी होशंगाबाद के किसान अमित यादव ने बजट से अपेक्षा की है कि वो आम लोगों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने में मददगार होगा वहीं होशंगाबाद के ही किसान सुरेन्द्र ने बजट से अपेक्षा की है कि वह कृषि से जुड़े लोगों के लिए हितकारी होगा

इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं से लेकर अन्य बातों पर निर्णय होगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर और

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह प्रसारण रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा

इनमें तसर कोकून एलिफेंट एपल ड्राई बैम्बू शूट मल्कानगिरी बीज और वन्य शूष्क मशरूम शामिल हैं

इसका उद्देश्य वन उत्पादों पर निर्भर लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है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

कटनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र में पेंगुलिन की तस्करी करने वालों चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है प्रदेश में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू हो रहा है